प्रधानमंत्री कोरोना से निपटने के लिए किये जा रहे प्रयासों पर आज रात आठ बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री ने इस संक्रमण को रोकने के प्रयास में काम करने वाले सभी लोगों की प्रशंसा की उन्होंने कहा कि इनके अद्वितीय कार्य की सराहना के लिए शब्द पर्याप्त नहीं हैं एक समाचार चैनल के टवीट का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रयास टीम भावना से काम करने का परिणाम है प्रधानमंत्री कोरोना से निपटने के लिए किये जा रहे प्रयासों और इससे उत्पन्न रिथति पर आज रात आठ बजे देष को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना वायरस से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि सजग और सचेत रहने की आवष्यकता है उन्होंने सभी जिलों के उपायक्तों और जिम्मेदार अधिकारियों को कोरोना वायरस से संबंधित जारी दिषा निर्देषों का अनुपालन सुनिष्वित करने का निर्देष दिया है उन्होंने कहा है कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि कोरोना वायरस से जुड़ी अफवाहों से बचें उन्होंने कहा कि हम सामाजिक सहयोग से इस संकमण की रोकथाम कर सकते हैं राज्य में कोरोना से संबंधित जांच या इलाज से इनकार करने पर अस्पतालों और डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी सरकार ने इस संबंध में आदेष जारी कर कहा है कि जांच से मना करने पर संदिग्ध जेल भेजे जायेंगे स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नीतिन मदन कलकर्णी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है जिसमें कहा गया है कि संदिग्ध मरीजों को आइसोलेषन वार्ड में जबरन भी रखा जा सकेगा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 इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिषा निर्देष जारी किये गये हैं इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाईन नम्बर भी जारी किये हैं

स्वास्थ्य मंत्री ने विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्यों और विदेशों में भारतीय दृतावासों के प्रयासों की सराहना की उन्होंने इस संक्रमण की रोकथाम और प्रबन्धन के लिए राज्यों की सतर्कता और प्रभावी तैयारियों की भी प्रशंसा की वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि देश में नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण अभी सामुदायिक स्तर पर नहीं पहुंचा है उन्होंने कहा कि भारत में इसका संक्रमण अभी चरण दो पर ही रिथर है डॉक्टर भार्गव ने बताया कि अलग जगहों से लिये गये पांच सौ नमूनों में से किसी में भी नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं पाया गया

कोरोना वायरस के संकमण के मद्देनजर केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड सीबीएसई की इक्कतीस मार्च तक होने वाली दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं वहीं आइआईटी और इंजीनियरिंग की होने वाली जेईई परीक्षा भी टाल दी गई हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कल सीबीएसई और देष के सभी संस्थानों को निर्देष दिया था कि कोरोना के मददेनजर सभी परीक्षाएं इक्कतीस मार्च तक स्थगित कर दी जाएं झारखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिषन के तहत सोदे आजीविका महिला संकृल संगठन और सामाजिक सुधार इकाई के साझा प्रयासों से रनिया प्रखंड की एक किषोरी को तीन वर्षो के बाद वापस अपने घर पहुंचाया गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भिखारियों के समग्र पुनर्वास के लिए योजना बनाने का प्रस्ताव किया है इसमें राज्य सरकार स्थानीय शहरी निकाय और स्वयंसेवी संगठनों की मदद से भिखारियों की पहचान करके उनके पुनर्वास और चिकित्सा सुविधाओं के साथ ही उनकी शिक्षा और कौशल विकास का काम किया जाएगा केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि यह योजना वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के दौरान उन चुने हए शहरों में लागू की जाएगी जहां भिखारियों की अधिक संख्या है उन्होंने कहा कि सरकार हर एक काम देश के नाम की भावना के साथ युद्ध स्तर पर काम कर रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार जल्द ही भूमि अधिग्रहण और मुआवजा विवाद का निष्पादन करेगी इसके लिए विस्थापन आयोग का गठन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून का उल्लंघन किया है वे कल विधानसभा में विधायक अंबा प्रसाद के ध्यानाकर्षण का जवाब दे रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोयला अम्रक आयरन खनिज उद्योग सिंचाई नहर आदि योजनाओँ के लिए भूमि का अधिग्रहण और बड़े पैमाने पर विस्थापन हआ है मौसम विज्ञान केन्द्र रांची ने अगले चार दिनों तक राज्य के कुछ स्थानों पर तेज हवा और गरज के साथ वज्रपात होने की संभावना व्यक्त की है

तेईस मार्च को राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा यस बैंक में कामकाज शुरू हो गया है और ग्राहकों के लिए उसकी सेवाएं सुचारू रूप से काम करने लगी हैं बैंक ने एक ट्वीट के माध्यम से बताया कि आज से इक्कीस मार्च तक बैंक की सभी शाखाएं एक घंटा पहले सुबह साढे आठ बजे से खुल जायेंगी वरिष्ठ नागरिकों के लिए सत्ताईस मार्च तक बैंकिंग सेवाएं शाम साढे चार बजे से साढे पांच बजे तक उपलब्ध रहेंगी

राज्य सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है